भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया श्री शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक सहित चवालीस महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे

जन औषधि दिवस आज जन औषधि दिवस है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पांच हजार से ज्यादा लाभार्थियों और संचालकों से संवाद किया उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत पंद्रह एम्स में से कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन हैं

स्वस्थ भारत समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहत कुछ करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में समग्र सुधार लाने का प्रयास कर रही है और उसका प्रयास समस्या को टालने की बजाय उसका समाधान करना है श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत आठ सौ से अधिक दवाओं और ऑपरेशन में काम आने वाले एक सौ चौव्वन उपकरणों के दाम नियंत्रित किए गए हैं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां पचास से नब्बे प्रतिशत कम मूल्य पर उपलब्य कराई जा रही हैं शिक्षक सीधी भर्ती केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान अध्यादेश दो हजार उन्नीस को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस फैसले से शिक्षक संवर्ग में पांच हजार से अधिक नियुक्तियां सीधी भर्ती से की जा सकेंगी इससे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आशा है

इनसे विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किए गए जहां दृष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किए गए थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प से काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षो में इकसठ लाख से अधिक नौकरियों का सुजन किया गया है जून दो हजार पंद्रह में शुरू की गई इस योजना के तहत कम लागत पर मकान उपलब्ध कराए जाते हैं केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस योजना के अंतर्गत लगभग अट्ठारह लाख नौकरियां प्रत्यक्ष रूप से जबकि बयालीस लाख नौकरियां परोक्ष रूप से सृजित की गई हैं अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है श्री शाह आज रायपूर में सत्ताईसवें कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री शाह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बूथ स्तर का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है उन्होंने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा च्नाव जीतती है कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश प्रभारी अनिल जैन प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक महासचिव सरोज पांडेय सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे कांग्रेस चुनाव समिति बैठक छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हई बैठक में लोकसभा की सभी ग्यारह सीटों के लिए बनाए गए उम्मीदवारों के पैनल में शामिल नामों पर एक एक कर विचार विमर्श किया गया बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया दोर्नो प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और डॉक्टर अरूण उरांव के अलावा चुनाव समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी

इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में एक समारोह में देश का सबसे बड़ा महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे इस साल छत्तीसगढ़ की लोक गायिका रजनी रजक सहित चवालीस महिलाओं को यह सम्मान दिया जाएगा सम्मान के रूप में एक लाख रूपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा श्रीमती रजक लोक गायिका होने के साथ ही लोकमंच ढोला मारू की निर्देशिका हैं उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन स्टॉप सेंटर नाम की एक गैर सरकारी संस्था और एक राज्य को भी यह सम्मान दिया जाएगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय समेत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दुष्कर्म पीड़िता चाहे वे बच्चे हों या बालिग हों की पहचान गोपनीय रखने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है महिला और बाल विकास विभाग की आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि में किसी भी प्रकार से ऐसा समाचार तथ्य या जानकारी प्रकाशित न करें जिससे पीड़िता का नाम या पहचान सार्वजनिक हो सके

बविप्रा बैठक बस्तर विकास प्राधिकरण के नव नियुक्त अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा है कि बस्तर विकास प्राधिकरण का पूरा कार्य अब बस्तर से ही संचालित होगा साथ ही प्राधिकरण से संबंधित सभी निर्णय यही लिए जाएंगे श्री बघेल कल जगदलपुर में प्राधिकरण की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के क्रूद ब्लॉक स्थित भलुझूला गांव के पास तीन युवक एक मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य मुलाकात की राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी डीएस मरावी को सुकमा का नया एसपी बनाया है वहीं सुकमा के एसपी जितेंद्र शुक्ला को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है राज्य शासन ने पीएससी द्वारा चयनित छत्तीस डिप्टी कलेक्टरों की आज पदस्थापना कर दी है